बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह खुलासा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है लेकिन बीमा कंपनियों की वजह से बागवानों को लाभ नहीं मिल रहा है महेंद्र सिंह ठाकुर फसल बीमा योजना को लेकर विधायक नरेंद्र बरागटा के सवाल का जवाब दे रहे थे

इसलिए वे कंपनियों और केंद्र सरकार के अफसरों के साथ बैठक करेंगे

शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने विधायक विनय कुमार किशोरी लाल वीरभद्र सिंह और हर्षवर्धन चौहान के संयुक्त सवाल पर कहा कि एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है

बाद में सदन ने इस संकल्प को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया बिक्रम ठाक्र ने कहा कि केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन को विशेष रेल परियोजना घोषित किया है

उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऊना हमीरपुर नई ब्राडगेज लाइन और बिलासपुर मंडी लेह नई ब्राडगेज रेल लाइन का मामला केंद्र सरकार से उठाया है और ये दोनों मामले केन्द्र के विचाराधीन है उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ बद्दी और भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है